इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा इंदौर से जबलपुर के बीच यात्रा समय में कमी और इंदौर से मुम्बई तथा दक्षिण की ओर यात्रा समय में कमी लाना है

प्रस्तावित लाईन बुधनी के वर्तमान यार्ड से शुरू होगी और इंदौर के पास पश्चिमी रेलवे के वर्तमान स्टेशन मांगलियागांव से जुड़ेगी इस मार्ग पर दस नए क्रॉसिंग स्टेशन और सात नए हाल्ट स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है नई लाईन से सिहोर देवास तथा इंदौर जिलों को लाभ होगा और बुधनी से इंदौर के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा नसरुल्लागंज खातेगांव तथा कन्नौद जैसे विभिन्न शहरो और गांवों से रेल संपर्क स्थापित होगा जहां अभी रेल संपर्क नहीं है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी से इंदौर के बीच नई रेल लाईन निर्माण को मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति द्वारा मंजूरी देने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है

इस केन्द्र में वित्तीय आवभगत और खुदरा सेवाएं प्रदर्शनियों के लिए खुले स्थान और उच्च स्तरीय कार्यालयों जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी

यह केन्द्र अपनी सुविधाओं और गुणवत्ता में विश्वस्तरीय होगा इस परियोजना को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेशन एंड इक्जीबीशन सेंटर लिमिटेड द्वारा लागू किया जा रहा है जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत पूरी तरह सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है राष्ट्रपति तीन तलाक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है विधि और न्याय मंत्रालय ने कल शाम जारी एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल तीन तलाक को दण्डनीय अपराध बनाने के अध्यादेश को मंजूरी दी थी इसमें तीन तलाक के जरिए वैवाहिक संबंध विच्छेद करने वाले व्यक्ति को तीन साल की संजा का प्रावधान किया गया है केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि अध्यादेश के तहत पीड़ित महिला या उसके सगे संबंधियों द्वारा पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर ही तीन तलाक को अपराध माना जाएगा उन्होंने कहा कि पति पत्नी के बीच समझौता हो जाने की स्थिति में यह मामला वापस लिया जा सकेगा लेकिन इसके लिए पत्नी को मजिस्ट्रेट से अनुरोध करना होगा श्री प्रसाद ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट पीड़िता की बात सुनने के बाद उचित आधार पर आरोपी को जमानत दे सकेगा बच्चे को पत्नी के सुपुर्द किया जाएगा और उसे अपने खुद तथा बच्चे के भरण पोषण का खर्च पाने का हक होगा जिसका निर्धारण मजिस्ट्रेट करेगा श्री प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की अस्पष्ट नीति और दुलमुल रवैये तथा हमेशा वोट की राजनीति के कारण इस अभिशाप को संसद में कानून बनाकर समाप्त नहीं किया जा सका विष्णु खरे मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा में जन्में और हिन्दी अकादमी के उपाध्यक्ष विष्णु खरे का कल नईदिल्ली में निधन हो गया

पिछले दिनों ब्रेन हेमरेज के चलते उन्हें गोविंद वल्लभ पंत अस्ताल में भर्ती कराया गया था जहां उन्होंने कल अंतिम सांस ली

इस कार्यशाला में जिलों के समन्वयक पुलिस अधिकारी सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हये विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारीयों को प्रशिक्षण दिया जायेगा इस बार दिव्यांगजनों को मतदान के दौरान होने वाली असुविधाओं को खत्म करने के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है

बालाघाट षिलान्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को धान के समर्थन मूल्य पर इस वर्ष भी बोनस दिए जाने का ऐलान किया

दिग्विजय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले में एक्सल सीट में फेरबदल करने के आरोप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री उमाभारती और इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कल विशेष अदालत में परिवाद दायर किया श्री सिंह ने विधायकों सांसदों से संबंधित व्यापम मामलो की जांच के लिए भोपाल में गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश सिंह के समक्ष यह परिवाद प्रस्तुत किया

उत्पाती हाथी छत्तीसगढ़ की सीमा लांघकर मवई नदी पार कर सीधी जिले में घुस आये पांच उत्पाती हाथियों को वन विभाग ने पकड़ लिया है इन हाथियों को बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है पिछले दिनों सीधी जिले की सीमा में घुस आए उत्पाती हाथियों के दल ने सबसे पहले संजय टाइगर रिजर्व के गाँव कुन्दौर के समीप जंगल में डेरा जमाया था उन्होंने गाँव के कच्चे घरों को तोड़कर उनमें रखा अनाज खा लिया और खेतों की फसलों को तबाह कर दिया

हाथियों को भगाने के लिये पश्चिम बंगाल से विशेषज्ञ भी बुलाए गए बचाव के उपायों की लगातार जानकारी देने के बावजूद हाथियों ने दो ग्रामीणों को मार डाला था बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारी कर्मचारी सात हाथी और उनके महावत और सुरक्षा श्रमिकों के दल ने इन हाथियों को कब्जे में करने का अभियान चलाया जिसमें सफलता मिली इन हाथियों को अब बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व लाने की तैयारी है मौसम प्रदेश के लोगों को अगले सप्ताह तेज गर्मी से राहत मिल सकती है

एशिया कप एशिया कप क्रिकेट के लीग मैच में दबई में भारत ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में आठ विकेट से हरा दिया

अब कुछ समाचार संक्षेप में खड़वा में कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने कल साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को अपने मुख्यालय पर रहकर विधानसभा निर्वाचन और विभागीय कार्यों को समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये

यह जानकारी कल कलेक्टर शिल्पा गुप्ता ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में दी श्योप्र में एक अक्टूबर से सात अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जायेगा

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर बुदनी इन्दौर नई रेल लाइन को केन्द्र सरकार की मंजूरी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार माना